इसके अलावा चार मामले बांसवाडा में तीन जयपुर में और एक मामला चुरू में सामने आया है राजधानी जयपुर और झुंझुनूं कोरोना के नये हॉट स्पॉट बनकर उभरे हैं जयपुर का रामगंज देश के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में शामिल हो गया है शुरूआत में कोरोना हॉट स्पॉट बने भीलवाडा में हालात तेजी से सामान्य हो रहे है

भीलवाडा मॉडल पुरे देश में एक नजीर बनकर उभरा है

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि श्री शर्मा जयप्र जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के बीच समन्वय का काम करेंगे

जोधपुर में कल एक नया संक्रमित मरीज सामने आने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के तीन और थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है कोटा में भी कल एक ही दिन में दस मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने शहर के परकोटा और भीमगंज मण्डी थाना क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी जोन घोषित कर दिया है

पाली जिले के लापोद गांव में कोरोना का मरीज मिलने के बाद गांव के सात किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है बाडमेर जिले में कोरोना की स्क्रीनिंग का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है

उन्होंने कहा कि जयपुर के अलावा जोधपुर चूरू टोंक और झुंझुनूं जिलों में भी सकंमित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ रही है जिसके लिए तुरंत सैम्पल कलैक्शन और टेस्टिंग की गति बढाने की जरूरत है

लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता के लिये मनाये जाने वाले इस दिन का महत्व कोरोना संक्रमण के चलते और बढ गया है

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की